इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन कार्य करने वाली पंचायतीराज संस्थाओं को वर्चअल तरीके से आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत करेंगे